अयोध्या मामले पर मध्यस्थता को लेकर उच्चतम न्यायालय आज सुना सकता है फैसला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में प्रदान करेंगे नारी शक्ति पुरस्कार प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर किया गया पांच साल राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी जयपुर की बहप्रतिक्षित रिंग रोड़ का आज केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुषमा स्वराज और अरूण जेटली नई दिल्ली से विडियो कांफ्रेंस के जरिये लोकार्पण करेंगे वे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास करेंगे ये एक्सप्रेस वे राज्य के कृछ जिलों से होकर गुजरेगा समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किफायती मूल्य पर ग्णवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध कराने की सरकार की जनऔषधि योजना से आम आदमी के लगभग एक हजार करोड रूपये की बचत हुई है श्री मोदी कल नई दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभान्वितों और इससे जुड़े उद्यमियों के साथ बातचीत कर रहे थे

श्री मोदी ने बीकानेर में इस योजना के एक लाभार्थी करणी सिंह राठौड़ से भी संवाद किया जिन्होंने बताया कि अब उन्हें इलाज पर कम पैसा खर्च करना पडता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में कल एक समारोह में जारी किये गये कार्यक्रम में दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे

अयोध्या भूमि विवाद मामले पर मध्यस्थता को लेकर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुना सकता है बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली थी अदालत इस पर फैसला सुनायेगी कि इस विवाद को मध्यस्थता के लिये भेजा जाये या नही

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं का सम्मान किया जायेगा

इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन स्टॉप सेंटर नाम की एक गैर सरकारी संस्था और एक राज्य को भी यह सम्मान दिया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों आपात कमीशंड अधिकारियों शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों तथा समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की मंजूरी दी है

इसके लिए राज्य सरकार ने कल अध्यादेश जारी कर दिया जिसे राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी दे दी है यह अध्यादेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है इसके साथ ही मौजूदा लोकायुक्त एस एस कोठारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है गौरतलब है कि पिछले साल मार्चे में भाजपा सरकार ने लोकायुक्त कार्यकाल को पांच से बढाकर आठ साल कर दिया था

कल चांद नहीं दिखाई देने पर इसकी घोषणा की गई

कोटा संभाग में समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद के लिए किसानों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इसी महीने जिले के किसानों से गेंहू खरीद भी शुरू की जाएगी जिसका पंजीयन भी कल से शुरू हो गया है